सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है इस मौके उन्होंने लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यो के लिए स्वेच्छा व सहमति के आधार पर भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि विकास को और गति मिल सके मारकंडा प्रदेश सरकार खेल प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रही है ये बात कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज कुल्लू में शुरू हुए तीन दिवसीय राज्य युवा उत्सव के अवसर पर कही

उन्होंने बताया कि ग्रामीण युवा क्लब सरकार और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से जागरूकता अभियान चला कर नशे सहित अन्य सामाजिक बुराईयों को खत्म किया जा सकता है

उद्योग इकाईयां ऊना जिले के पंडोगा व कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित होगी मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन दो विकसित अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों को नाबार्ड की रियायती ऋण योजना के तहत समेकित सूची में शामिल किया है उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के बाद इन दो प्रसंस्करणों के अलावा पहले से ही सूची में शामिल सोलन जिले के बायो टैक्नोलॉजी पार्क ओद्वाल फूड पार्क जैसे अत्याध्निक औद्योगिक क्षेत्र नाबार्ड से रियायती ऋण लेने के पात्र होंगे मुख्य सचिव ने कहा कि ये इकाईयां खाद्य प्रसंस्करण पर राज्य मिशन की योजनाओं के तहत अनुदान के लिए पात्र होंगी बीके अग्रवाल ने कहा कि इससे न केवल राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सुजित होंगे महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है वे आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में वार्षिक समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के समय में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए तभी वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं उन्होंने युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने का आह्वान किया इस मौके उन्होंने तनेहड़ स्कूल में अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती पट्टिका का अनावरण भी किया

दोनों मृतक चालक व परिचालक थे पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है क्रिकेट दृष्टि बाधित क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आज कुल्लू के बाशिंग में तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई इस राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हकीकत ढांडा ने किया

कांग्रेस सचिव प्रदेश कांग्रेस सचिव नीरज नैय्यर ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बनाएगी चम्बा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्त्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर भी घेरा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा हालांकि लाहौल स्पीति में दिन भर बादल छाए रहे खराब मौसम के चलते घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है